कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तीन हजार से ज्यादा हो गई है

इनमें एक राजगढ़ जिले का पीड़ित भी शामिल है

होशंगाबाद में डोर ट्र डोर की जा रही स्क्रीनिंग में फ़िलहाल संदिग्ध नहीं मिल रहे हैं

मरीज स्वस्थ मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक एक हजार मरीज स्वस्थ होकर घर लौट च्के हैं

इस छूट से सड़क परिवहन के माध्यम से माल की निर्बाध आपूर्ति और आवाजाही हो सकेगी

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी ने बताया कि इस दौरान हाईकोर्ट की अदालतों में अर्जेट तथा लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी

अनूपपुर जिला मेडिकल लैब टेक्निकल एसोसिएशन ने जिला चिकित्सालय को तीन कूलर दिए कोरोना मरीज़ों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए सहयोग किया गया